स्लग इलेक्ट्रिक बस राज्य की पहली इलैक्ट्रिक बस के परीक्षण का शुभारम्भ आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया इस बस का परीक्षण एक एक महीने के लिए देहरादून मसूरी और हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर किया जाएगा

इसी क्रम में ओलेक्ट्रा ग्रीनटैक लिमिटेड हैदराबाद ने परीक्षण के लिए एक बस उपलब्ध कराई है

इस इलैक्ट्रिक बस को संचालित करने पर किसी प्रकार की आवाज और कंपन नहीं होता है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए इलैक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है

इसके तहत देहरादून रेलवे स्टेशन में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की भीड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण पुलिस चौकी टैक्सी स्टैण्ड का आध्रनिकीकरण मल्टीप्लैक्स फोर स्टार होटल रेस्टोरेन्ट किड जोन फूड कोर्ट की स्थापना आधुनिकतम टिकट और रिर्जवेशन काउन्टर्स आदि बनाए जाएंगे वहीं गरीबों के लिए जनता आहार की व्यवस्था भी की जाएगी इसके साथ ही रेलवे गेस्ट हाउस रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अपार्टमेन्ट पार्किंग एलआईजी एमआईजी फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला रेलवे स्टेशन आईएसबीटी और जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए कार्य किए जाएंगे और हर्रावाला रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा ये प्रोजेक्ट लगभग ढाई वर्षों में पूरा हो जाएगा ज्ञान महाकुम्भ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नवंबर के महीने में प्रदेश में पहली बार ज्ञान महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है हरिद्वार में तीन और चार नवंबर को होने वाले ज्ञान महाकुंभ का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उन्होंने बताया कि ज्ञानकुंभ में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के अलावा देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपति शिरकत करेंगे तीन सत्रों में चलने वाले ज्ञानकुंभ में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की जाएगी

साथ ही ऐसी घटनाओं की विवेचना रिपोर्ट बाल संरक्षण आयोग को भी उपलब्ध करायी जाये टिहरी में हुई बाल अपराध की घटनाओं की जांच के लिए जनपद पहुंची श्रीमती नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बालक बालिकाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सरकारी निजी और बोर्डिंग स्कूलों का समय समय पर औचक निरीक्षण करने सभी स्कूलों पंचायत घरों तहसीलों अस्पतालों आदि में चाईल्ड हेल्प लाईन बाल संरक्षण आयोग और जिला बाल कल्याण समिति के नम्बर चस्पा करने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन करने को भी कहा

डाक सप्ताह के दौरान पोस्ट फोरम की बैठक ग्राहक संगोष्ठी स्कूली बच्चों का डाकघरों का भ्रमण पूरे परिमंडल में विभिन्न स्थानों पर डाक बचत खाता इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ग्रामीण डाक जीवन बीमा डाक जीवन बीमा खाते और फिलैटली खाते खोलने के लिए मेले आयोजित किए जाएंगे देहरादून में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल वी के तिवारी ने बताया कि भारतीय डाक व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है उन्होंने कहा कि नौ अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है

डाक विभाग ने ग्रामीण डाकघरों के डिजीटलीकरण और नेटवर्किंग के लिए दर्पण योजना शुरू की है श्री तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड डाक परिमंडल के सभी ग्रामीण डाकघरों का डिजीटलीकरण किया जा चुका है उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और पार्सल निदेशालय की स्थापना की है

स्लग पीएम फसल बीमा योजना फसलों से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर साबित हो रही है उधमसिंह नगर जिले के किसान इस योजना पर भरोसा कर रहे हैं यही कारण है कि यहां के कई किसान योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा चुके हैं और निश्चिंत हैं गदरपुर के किसान सतनाम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का नुकसान होने पर उन्हें बीमित राशि मिली कृषि प्रभारी सचिव डी सेंथिल पांडियन का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को प्राकृ तिक और अन्य तरह की आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों द्वारा बैंक से लिए गए कृषि ऋण को कवर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि नुकसान की स्थिति में उन्हें शत प्रतिशत मुआवजा मिले

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खेती के जोखिम को काफी हद तक कम कर किसानों को राहत प्रदान कर रही है

स्लग मोबाइल लोक अदालत चमोली जिले में मोबाईल वैन के जरिए विधिक जागरूकता शिविर और मोबाइल लोक आदालत का आयोजन किया जायेगा